राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नशाखोरी के खिलाफ प्रदेश भर में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर दिया बल

प्रदेश में साफ मौसम के बावजूद कड़ाके की ठंड जारी निचले इलाकों में धुंध से मुश्किलें बढ़ीं

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में समारोह की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री ने बताया कि समारोह में प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी मंत्रिमंडल के सदस्य और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्त्ता भी मौजूद रहेंगे उन्होंने बताया कि समारोह में प्रदेश सरकार के दो साल के उपलब्धियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाने के अलावा एक बुकलेट भी जारी की जाएगी इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों से भी मिलेंगे जयराम ठाकुर ने प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने और यातायात को सुचारू बनाने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से समारोह का प्रसारण किया जाएगा

इस अवसर पर विभिन्न कंपनियों के निवेशक भी शामिल रहेंगे समारोह को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने समारोह को देखते हुए स्थानीय लोगों और पर्यटकों को कार्ट रोड का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है

मौसम प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से साफ मौसम के बावजूद न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है हालांकि दिन के समय धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिल रही है

अत्यधिक ठंड से पेयजल स्रोत और नदी नाले जमने लगे हैं और लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है निचले जिलों में सुबह शाम धुंध व कोहरे का प्रकोप बना हुआ है जिससे वाहन चलाने में परेशानी हो रही है राजधानी शिमला में भी रात के समय न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दो से तीन डिग्री तक दर्ज किया जा रहा है